प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदयार्थियों से कहा है कि वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केन्द्रित रखे समय का अच्छा से प्रबंधन करे और तनाव रहित रहें प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विदयार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा में आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के परिणाम की चिंता किए बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि जीवन च्नौतियों का सामना करने का ही नाम है उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दे उन्होंने माता पिता से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिये हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को भी अपने माता पिता को तैयार करना चाहिए कि वे उन्हें उनकी प्रतिभा और रूचि के अनुसार फैसला लेने में मदद करें उन्होंने कहा कि सोच में स्पष्टता और दृष्ट विश्वास विकसित करने की आवश्यक्ता है उन्होंने कहा कि गणित और विज्ञान में विदयार्थियों की रूचि पैदा करना अनिवार्य है क्योंकि बहत कम विदयार्थी गति और सांइस विषयों का चुनाव करते है एक विदयार्थी के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने विदयार्थी से आग्रह किया वे परीक्षा का तनाव न पाले असम से एक विदयार्थी की मां दवारा बच्चों में मोबाइल फोन पर लगे रहने की आदत के बारे पूछे जाने पर श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगक का प्रयोग क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि बच्चों को धीरे धीरे प्रौदयोगिकी के सदपयोग की तरफ ले जाना चाहिए ताकि बचचों को स्वयं ही महसूस हो और वो समय बर्बाद करने के बजाये खेल कृद के बजाए प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चले जाये ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए मानव संसाध्न विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर बताया कि इस कार्यक्रम में ईरान नेपाल दोहा क्वैत सऊदी अरब और सिंगाप्र देशों से भी विद्यार्थी भाग ले रहे है

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार दवारा दर्शन लाल जैन को सामाजिक कार्यों के लिए पदमभूषण से कंवल सिंह चौहान को क़षि नरेंद्र सिंह व स्लतान सिंह को पश्पालन एवं डेयरी तथा पहलवान बजरंग प्रनिया को खेल क्षेत्र में पद्मश्री प्रस्कार से सम्मानित किया गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नींडीज़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री फर्नीडीज़ ने आज नई दिल्ली में अंतिम सांस ली चंडीगढ़ में जारी एक शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने जॉर्ज फर्नींडीज़ को श्रद्धांजलि देते हए कहा कि वे एक कर्मठ नेता थे और उनके निधन से जो क्षति हई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती म्ख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की

रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम वीरेन्द्र सहरावत ने बताया कि मतगणना केन्द्र पर स्रक्षा के प्ख्ता प्रबंध किए गए है

वीरेन्द्र सहरावत ने बताया कि मतदान में प्रय्क्त हई ईलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को स्ट्रॉग रूम में ऑबजर्वर की देखरेख में रखवाकर स्ट्रॉग रूम को सील कर दिया गया है स्ट्रॉग रूम के बाहर अर्धसैनिक बलों के कई जवान तैनात किए गए है

मतगणना का कार्य सामान्य ऑबजर्वर सौरभ भगत उपाय्क्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में करवाया जाएगा

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने जींद उप च्नाव जीतने का दावा किया है और कहा है कि इस च्नाव परिणाम के बाद हरियाणा सरकार गिर सकती है श्रीतंवर आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक सांसद और इनैलो विधायक उनके सम्पर्क में है और सभी च्नाव परिणाम का इंतजार कर रहे है ये पूछे जाने पर अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उनके साथ है तो सरकार गिराने के लिये जींद उप च्नाव के परिणाम का इंतजार क्यों किया जा रहा है तो उनहोंने कहा कि ये लोग तीन राज्यों के बाद इन उप च्नावों में सरकार की विफलता का इंतजार कर रहे है उन्होंने कहा कि जींद जिले साढ़े चार तक अनदेखी हुई है ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस ने अपने दस वर्षो के कार्यकाल में जींद का विकास क्यों नहीं किया उन्होंनें कहा कि इसलिये जनता ने हमे नकार दिया था अशोक तंवर ने सरकार पर जानबूझ कर जींद उप च्नाव देर से करवाने के आरोप भी लगाया तंवर ने कहा कि इंडियन नैशनल लोकदल का पत्ता साफ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की भी ऐसी ही स्थिति है ये पूछे जाने पर किसी अपनी जीत का दावा वो किस आधार पर रहे है तंवर ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से जींद में ही थे और सब लोग कांग्रेस का साथ दे रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दवारा उनके समर्थकों पर आयकर विभाग दवारा छापे मरवाए गए और च्नाव में सरकारी मशीनरी का द्रूप्रयोग किया गया प्रदेश में ग्र्टबाज़ी पर उन्होंने कहा कि जींद उपच्नाव में ये साफ हो गया है कि प्रदेश कांग्रेस एक्ज्ट है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता च्नाव में एक मंच पर नज़र आए है और भविष्य में भी एकज्ट बनी रहेगी श्री तंवर ने शीघ्र ही संगठनात्मक नियुक्तियां किए जाने की बात की ओर ये दावा भी किया कि वे विधानसभा च्नाव लड़ने के इच्छ्क है और और वे ये च्नाव अनारक्षित सीट से लड़ेगे

प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने पंचकूला में बताया कि पकडे गए आरोपी की पहचान सतनाम सिंह के रूप में हई है वह राजस्थान के हन्मानगढ़ जिले के गांव सैहजीप्र का निवासी है प्लिस ने आरोपी व सप्लायर के खिलाफ थाना सदर सिरसा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर लिया है

ट्रक के चालक व मालिक का पता लगाया जा रहा है